मतदान दलों द्वारा कल देर रात तक इन मशीनों को जमा करवाने का सिलसिला जारी रहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में स्ट्रॉग रूम में ईवीएम मशीनों की सूरक्षा के माकल प्रबंध किये गये हैं

श्री कुमार ने बताया कि सभी स्ट्रॉग रूम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे विशेष पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था एनआरके रेड़डी ने बताया कि प्रत्येक स्ट्रॉगरूम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्द्वसैनिक बलों के तीस जवान तैनात रहेंगे

आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें हाईकमान द्वारा जो भी भूमिका दी जाएगी उसे वे पूरा करेंगे

एक ट्विट कर श्री गांधी ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने सच्चे सैनिक की तरह अपनी बात रखी उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने सर्जिकल स्ट्राइक का कथित राजनैतिक लाभ लेने को गलत बताया था

लेफ्टिनेंट जनरल देवराज एम्बू ने परेड की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में युद्ध तकनीक में व्यापक बदलाव हुए हैं और नये अधिकारियों को नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग करना होगा उन्होंने अधिकारियों को परम्परागत और गैर परम्परागत चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा

आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये हैं अब क्रिकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभरकर सामने आ रहे हैं

कर्नल राठौड़ ने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाडियों को बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके

असम ने आखिर पांच विकेट छह रन के अंदर गवां दिए

राहल चहर को एक विकेट मिला

अलवर में आज तिजारा पुलिया पर रोडवेज बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गयी और एक व्यक्ति घायल हो गया बाड़मेर जिले के बालोतरा सिवाना फांटे के पास मेगाहाइवे सर्किल पर एसिड भरा टैंकर पलट गया